केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा देश की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार बेरोजगारी पहले के मुकाबले हुई कम

ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण पर ब्याज दरें कम किये जाने की घोषणा की है

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के निर्देश दिये हैं गहलोत बयान केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और बेरोजगारी पहले के मुकाबले कम हई है श्री गहलोत ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष आर्थिक मंदी को लेकर अफवाह फैला रहा है

जिससे वे अपना कारोबार शुरू कर खुद मालिक बन गये हैं

प्रधानमंत्री ने आज मरूस्थलीकरण की समस्या से निपटने के मुददे पर ग्रेटर नोएडा में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हए कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक के जरिए बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने कम लागत वाले कार्यक्रमों को लागू करने के लिये भारत मित्र देशों की सहायता करेगा श्री मोदी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रति चेताते हुए कहा कि इससे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जमीन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है उन्होंने जलवायु परिवर्तन जैव विविधता और बंजर भूमि जैसी समस्याओं पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया महिला सम्मेलन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि महिलाएं न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों की रक्षक हैं बल्कि समाज की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है श्री कमलनाथ आज भिण्ड में महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी सरकार वचन पत्र में किये गये सभी वादों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है सम्मेलन को सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविन्द सिंह महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी संबोधित किया

इससे सुदूर क्षेत्रों तक वित्तीय सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस प्रणाली से डाक भुगतान बैंक डाकघरों के नेटवर्क के जरिए बैंकिग सेवा उपलब्ध कराने वाला देश का सबसे बड़ा तंत्र बन गया है

नये प्रवक्ता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी और अंशुल मीरा कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है श्रीमती शर्मिष्ठा पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की पूत्री हैं जबकि अंशुल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र हैं

वहीं धार जिले के धरमप्री में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है भोपाल में दो सागर जिले के बंडा और सिवनी में हुए सड़क हादसों में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है

प्रदेश में नर्मदा ताप्ती बेतवा सहित अनेक छोटी बड़ी नदियां और बरसाती नाले ऊफान पर हैं इससे कई सड़क मार्गो पर आवागमन ठप हो गया है भोपाल में कल दोपहर बाद से रातभर हई भारी बारिश से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया यहां भदभदा डेम के गेट पहले ही खोले गये हैं बारिश के चलते भोपाल विदिशा सीहोर होशंगाबाद रायसेन सागर सहित कई जिलों में आज स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है

होशंगाबाद नरसिंहपुर और जबलपुर में लोगों को जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई है

इसके चलते भोपाल से जबलपुर मार्ग का आवागमन भी ठप्प हो गया है

जिससे ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ा है